कोरोना दिशा निर्देशों की पालना के साथ प्रदेशभर में हुये स्वतंत्रता दिवस पर विविध आयोजन

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिये और घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिये अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिये

उन्होने विश्वास जताया कि भारत इस सपने को साकार करेगा

उन्होने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान विश्व की बड़ी कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं श्री मोदी ने फिर वोकल फॉर लोकल का आहवान किया और कहा कि भारत को मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद और विस्तारवाद का प्रभावी रूप से मुकाबला कर रहा है उन्होंने कहा कि देश के किसानों को आध्रनिक ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक लाख करोड़ रूपये का क्रषि अवसंरचना कोष बनाया गया है

श्री मोदी ने आज से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की श्रूआत की घोषणा की

राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झण्डा फहराया और परेड का निरीक्षण किया कोरोना महामारी के कारण इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में अतिथि सीमित संख्या में बुलाये गये

स्कूली बच्चों की ओर से हर वर्ष होने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी टाल दी गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र को मंजबृत बनाये रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है उन्होने कहा कि उनकी सरकार सुशासन और हर क्षेत्र में विकास पर जोर दे रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में पिछले दिनों ऐतिहासिक काम हुआ है उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिये सरकार की ओर से किये जा रहे कार्यों का जिक किया

कोरोना योद्दाओं ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी प्रस्तुति दी इनमें सफाई कर्मचारी आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नर्सिंग और पुलिसकर्मी शामिल थे इसके बाद हुये रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने गैर घूमर चकरी चरी और कालबेलिया नृत्य प्रस्तुति दी जोधपुर के लंगा मांगणियार और अन्य गायकों ने माहौल में जोश भर दिया इससे पहले मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया

कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने तिरंगा फहराया भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने ध्वजारोहण किया पुलिस मुख्यालय और जिला कलेक्ट्रेट सहित राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में स्वतंत्रता दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया कोरोना के कारण इस बार स्कूल और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हये

संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली कोरोना दिशा निर्देशों की पालना के साथ शहीद स्मारकों पर देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक आयोजन पौधरोपण और नशामुक्ति अभियान सहित कई कार्यक्रम हये

मृत्यु दर निरंतर और स्थिर रूप से घट रही है अब कोविड मृत्यु दर एक दशमलव नौ चार प्रतिशत है

इस बीमारी से राज्य में अब तक आठ सौ उनसठ लोगों की मौत हई है

वहीं राजसमन्द और नाथद्वारा में आज से लॉकडाउन लागू किया गया है

जयपूर टोंक अजमेर सीकर बारां सवाई माधोपुर जोधपुर जिलों में कहीं कही भारी से अति भारी वर्षा के समाचार मिले हैं

जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्द्ल राशिद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जायेगा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में शामिल सेना के जिन जवानों को शौर्य चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है उनमें लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक क्मार दूबे शामिल हैं

साथ ही ये द्रदर्शन डीटीएच चैनल प्रधानमंत्री कार्यालय और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज़ ऑन एआइआर एप पर भी उपलब्ध रहेगा

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें